सत्र के पहले दिन की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और बंजार के पूर्व विघायक दिले राम शवाब के निधन पर शोकोदगार से होगी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे विघायक बैठक प्रदेश विघानसभा के मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कल बैठकों का आयोजन कर सत्र को चलाने के लिए अपनी रणनीति तैयार की भाजपा विधायक दल बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहाफ में आयोजित की गई बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का संतोषकजनक जवाब देगी वहीं केंद्र से मिली आर्थिक सहायता को प्रमुखता से रखा जाएगा वहीं विपक्ष ने सरकार हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति तैयार की

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही रूक रूककर वर्षा हो रही है उधर मंडी जिले के कई स्थानों पर बीती रात से ही भारी वर्षा हो रही है मंडी ने हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि मू स्खलन के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्चमार्ग पर डवाडा में यातायात के लिए अवरूद्व हो गया था जिसे अब छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है वहीं शिमला सिरमौर चंबा हमीरपुर मंडी में बीती रात से रूक रूककर बारिश का सिलसिला जारी है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश विघानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है अटल को श्रद्वाजंलि के बाद विधानसभा में होगा हंगामा अमर उजाला और दैनिक भास्कर का लगभग एक सा शीर्षक है हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से दलों ने बनाई रणनीति हिमाचल दस्तक लिखता है सात बैठकों वाले सत्र में कानून व्यवस्था पर हंगामा संभव दैनिक जागरण के शब्द हैं विधानसभा का मानसून सत्र आज से हंगामे के आसार दिव्य हिमाचल के अनुसार पहले दिन सिर्फ पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धाजंलि कल से आरोप प्रत्यारोप का दौर शिमला पहुंचे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों के चार कलश शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है दल कोई भी हो अटल ने नहीं किया कभी भेदभाव दिव्य हिमाचल लिखता है पूर्व प्रधानमंत्री को प्रार्थना सभा में सभी दलों के नेताओं ने दी भावमीनी श्रद्वाजंलि आपका फैसला का शीर्षक है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर ताजा हुई अटल के व्यक्तित्व की यादें दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल की पांच नदियों में विसर्जित होंगी अटल की अस्थियां विधानसभा उपाध्यक्ष ने वापिस ली शिकायत विवाद सुलझा शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है डीसी व एसपी चंबा ने लिखित में खेद जताया इसी खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है चंबा के पांच बड़े अधिकारियों को अवमानना मामले में राहत विघानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सभी क के खिलाफ वापिस लिया नोटिस दैनिक जागरण की एक खबर है फोरलेन से करोड़ों की चपत किरतपुर नागचला फोरलेन कार्य कर रही कंस्ट्रशन कंपनियों ने समेटा बोरिया बिस्तर हिमाचल दस्तक की एक खबर है इंकीमेंट रोकने के आदेश वापिस लेगी प्रदेश सरकार शिक्षक महासंघ को शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

मौसम से जुड़ी खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है बागवानी प्रोजैक्ट पर सीएम लेंगे फैसला शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है बागवानी मंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जांच रिपोर्ट की फाइल एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय मानसूनी सवालों की बरसात में लिखा है कि मानसून सत्र की फिराक में कांग्रेस के पास आलोचना की सामग्री खूब रहेगी और छह माह की सत्ता से सवाल पूछने की वजह भी दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में करसोग उपमंडल के नाज क्षेत्र के निवासियों द्वारा जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ते पलायन को रोकने के लिए किए गए उपायों को सराहा है शीर्षक है सार्थक पहल